मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों से कोरोना महामारी को देखते हुए दीपावली पर पटाखों के प्रयोग से बचने की अपील की

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने करौली जिले के सपोटरा में पुजारी की हत्या के मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के दिए निर्देश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

इस वर्ष अप्रैल में शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में मकान मालिकों को मकान के अधिकार का रिकॉर्ड उपलब्ध कराना और संपत्ति कार्ड जारी करना है

इस योजना में लगभग एक लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फोन पर मिले एसएमएस लिंक के जरिये संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे इसके बाद संबंधित राज्य सरकारें व्यक्तिगत रूप से संपत्ति कार्डों का वितरण करेगी

श्री गहलोत ने जयपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ गहन विचार विमर्श किया बैठक में सभी विशेषज्ञों की राय थी कि पटाखों से होने वाला ध्यआं और प्रदूषण आमजन के साथ साथ कोरोना संक्रमित रोगियों तथा इससे ठीक हए व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से घातक है मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार आतिशबाजी से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं श्री गहलोत ने चिकित्सकों को निर्देश दिए कि वे कोरोना वायरस के पैटर्न में बदलाव का अध्ययन कर अपना चिकित्सकीय प्रोटोकॉल निर्धारित करें उन्होंने कहा कि यह देखने में आ रहा है कि संक्रमित रोगियों के नेगेटिव होने के बाद भी उन पर वायरस का असर बरकरार रहता है विभिन्न जिलों में कोरोना रोगियों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के साथ इस पैटर्न की जानकारी साझा करें और उन्हें बेहतर इलाज के लिए समय समय पर समुचित सलाह देते रहें

करोली जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ़्तार कर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है इधर भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की जांच के लिये सांसद रामचरण बोहरा राष्ट्रीय सचिव अलका गूर्जर और भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री जितेंद्र मीणा की एक समिति गठित की है जो जांच करके रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष डॉ सतीश पूनियां को देगी इस बीच उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ ने घटना की निंदा करते हुए राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रदेश में काननू व्यवस्था की हालत खराब है

श्री पासवान का गुरूवार शाम को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था उनका पार्थिव शरीर कल रात विमान से पटना पहुंचा जहां उनका पार्थिव शरीर आज सुबह अंतिम दर्शनों के लिए लोक जनशक्ति पार्टी मुख्यालय में रखा गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल दिल्ली में श्री पासवान के निवास स्थल पर जाकर दिवंगत नेता को श्रद्वांजलि अर्पित की और परिवार के लोगों को सांत्वना दी

इस चुनाव में तीस लाख से ज्यादा मतदाता मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे

चुनाव आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा ने मतदाताओं से मास्क लगाकर जाने और कोरोना संबंधी सभी प्रोटोकोल का पालन करने के निर्देश दिये है

कार्यक्रम में किसी भी व्यक्ति या समूह और उनके सामाजिक सार्वजनिक और नैतिक जीवन की आलोचना दुर्भावना या बदनामी नहीं होनी चाहिए

इस दौरान उन्होंने जोन कार्यालय के प्रवेश द्वार पर खूद पहनो सभी को पहनाओ कोरोना से जान बचाओ स्लोगन लिखा स्टीकर चिपकाया और लोगों को मास्क वितरित किये वहीं परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शास्त्री नगर में सिविल लाईन जोन कार्यालय का उद्दघाटन महिला कोरोना वॉरियर्स से करवाया उन्होंने कहा कि कोरोना के विरूद्व लडाई में सफाई कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है